ग्लेशियर दूटने से आये जल सैलाब के कारण ऋषिगंगा नदी में बन रहे तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काफी क्षति पहुंची है राज्य सरकार और प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया गया है इस बीच जल प्रवाह में कमी आयी है सेना एसडीआरएफ एनडीआरएफ आईटीबीपी और पुलिस के जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए है राहत एवं बचाव कार्य में सेना के जवान और अधिकारी जुट गये है बरेली से सेना के हेलीकॉप्टर भी जोशीमठ पहुंच गये हैं इसके अलावा कई टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घटना स्थल पहुंचने के बाद रैणी गांव में हालात का जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस हादसे से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर नदियों के किनारे खाली करवाये जा रहे हैं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है

मुख्यमंत्री ने लोगों से आपदा को लेकर अफवाह न फैलाने की भी अपील की है

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज एम्स ऋषिकेश और जोलीग्रान्ट अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है वहीं इस आपदा के कारण नीति घाटी के कई गाँव का सड़क संपर्क ट्रट गया है

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्राकृतिक आपदा और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और राहत व बचाव कार्यो के बारे में जाना विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने लोगों से धैर्य बनाये रखने की अपील की है और लापता लोगों के परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त की है धारी देवी मंदिर चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से अलकनंदा में आयी बाढ़ के खतरे को देखते हुए धारी देवी मंदिर को खाली करा दिया गया है और कपाट बंद कर दिए गए इससे पहले आज धारी देवी की डोली देव पूजा के बाद देवयात्रा पर निकली डोली ने पूजा अर्चना और गंगा स्नान के बाद त्रिजुगीनारायण के लिए प्रस्थान किया

इस अवसर पर हंस फाउंडेशन की मुखिया माता मंगला ने कहा कि देवयात्रा के जरिए वसुदैव कुटुम्बकम् का संदेश दिया जाएगा इस डोली यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा आपदा समीक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चमोली जिले में जोशीमठ के रैणी क्षेत्र में आयी आपदा की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया अधिकारी प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह ने हिस्खलन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ग्रह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सहित आइटीबीपी और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात की है इसके साथ ही एनडीआरएफ की कुछ टीमों को दिल्ली से उत्त्राखण्ड के लिए रवाना किया गया है

राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत ने जिलाध्यक्ष चमोली और अन्य पदाधिकारियों से बात कर घटना के बारे में बात की इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट से भी बात कर प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने और प्रशासन के साथ राहत कार्यो में हाथ बंटाने को कहा है श्री भगत ने कहा कि वह पूरी तरह जिला प्रशासन से और क्षेत्र के लोगों के संपर्क में है केंद्र और प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्यो में जुट गई है उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी पुलिसकर्मी समस्याएं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आज अल्मोड़ा पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनीं इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ ड्यूटी करने का संदेश दिया